मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुजारियों के मानदेय बढ़ाने की अनुशंसा पर सहमति जताने के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई बैठक में किसानों के सामने आ रही खाद की समस्या पर भी चर्चा हुई मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री गौरीशंकर शेजवार को दिल्ली जाकर इस संबंध में केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिलकर इस समस्या के समाधान के निर्देश दिये संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबधित कार्यक्रमों पर चर्चा की गई वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रकरण पर भी बातचीत हुई इसके अलावा अन्य कई मुददों पर भी विचार विमर्श किया गया बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की उनहोंने कहा कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगाकर न केवल चुनाव आयोग पर शक कर रही है बल्कि प्रशासन पर दबाव बनाने का भी प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवीएम सहित चुनाव प्रकिया से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन्हें देखना चुनाव आयोग का काम है और इसमें किसी भी राजनैतिक दल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये मेट्रो रेल इंदौर की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल परियोजना के लिए कार्यालय शुरू हो गया है

हर वर्ष पांच दिसम्बर को मिट्टी को स्वस्थ बनाये रखने के महत्व पर ध्यान देने और इसके संसाधनों का सदुपयोग करने पर जोर दिया जाता है विश्व मृदा दिवस का इस वर्ष का विषय है मृदा प्रदूषण को कम करने का हल निकालें

एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण अंग की रक्षा करना हर इंसान का दायित्व है उन्होंने कहा कि लोगों को प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और जैविक खेती पर जोर दिया जाना चाहिए मतगणना एजेंट भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकों केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है मतगणना के लिये एजेंट नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने बताया कि इसके साथ ही केन्द्र और राज्य के मंत्री वर्तमान सांसद विधायक स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष महापौर नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत पंचायत समिति के अध्यक्ष केन्द्र एवं राज्य सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष केन्द्र और राज्य के उपक्रम के अध्यक्ष और शासकीय सेवक और कोई भी व्यक्ति निर्वाचनगणना अभिकर्ता जिसे सुरक्षा प्राप्त है वह भी किसी प्रत्याशी का मतगणना के लिये एजेन्ट नहीं बन सकेगा

चुनाव प्रचार राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा दोनों राज्यों में सात दिसंबर को होने वाले मतदान के लिये विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा अपने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जा रहा है

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस बालरंग समारोह में प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के चयनित बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे

कोतवाली पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर रही है